प्रधानमंत्री ने कहानी सुनाने की कला का जिक्र करते हुए कहा कि कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता उन्होंने कहा कि हितोपदेश और पंचतंत्र कहानियों से विवेक और बुद्धिमत्ता का संदेश दिया जाता है

श्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय संयुक्त राष्ट्र में भारत की और वड़ी भूमिका की अपेक्षा करता है पर्यटन दिवस आज विश्व पर्यटन दिवस है ये दिवस लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है पर्यटन से लोगों की अन्य संस्कृतियों के प्रति समझ बढ़ती है साथ ही पर्यटन से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलती है विश्व पर्यटन दिवस पर आज केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल आज देखो अपना देश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और वे एक लोगो का लोकार्पण भी करेंगे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में पर्यटन का बड़ा योगदान है मध्यप्रदेश में भी पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं प्रदेश सरकार पर्यटन के विकास के लिये ऐसी सभी संभावनाओं पर काम कर रही है कृषि संशोषन विल केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कूलस्ते ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कृषि संशोधन विल किसानों के हित में है श्री कूलस्ते ने यह बात आज शिवपुरी दौरे के दौरान पत्रकारों से चर्चा में कही उन्होने कहा कि यह कृषि विल किसानों की आय बढ़ाने वाला कानून है और उनकी स्वतंत्रता बढ़ाने वाला विल है इसके जरिए किसानों को यह स्वतंत्रता मिलेगी कि किसान अपनी फसल मंडी मार्केट या उस प्रदेश में बेच सकता है जहां पर उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं इससे किसानों की आय बढ़ेगी

सेवा सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं का सेवा सम्मान करेंगें आयोजन भोपाल के मिण्टो हाल में सुवह ग्यारह वजे से होगा